इस मामले में एक व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी

और प्रदेश में दुर्गा पूजा उल्लास और श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है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

पहले चरण के लिये कल शाम चुनाव प्रचार थम जायेगा उधर दूसरे और तीसरे चरण के लिये भी चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने लगा है दोनों गठबंधन के नेता अपनी चुनावी सभाओं में आरोप प्रत्यारोप के लिए कोई कसर नहीं छोड रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि नौजवानों को हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देकर युवाओं को कौशलयुक्त बनाया जायेगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने लखीसराय में एक चुनावी सभा में कहा कि एनडीए की जीत दो तिहाई बहुमत से होगी भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने बांका और लखीसराय में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि एनडीए की सरकार में देश और बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने नवादा के हिसुआ में आयोजित सभा में विकास के लिये एनडीए को वोट देने की अपील की हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि पिछले पंद्रह वर्षो के एनडीए के शासनकाल में सड़क स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हये हैं उधर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार सत्ता में आयेगी तो दस लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बक्सर में कहा कि हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने और एमएसपी पर अनाज खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गयी है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सासाराम में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि लोजपा की सरकार बनेगी तो सात निश्चय योजनाओं की जांच की जायेगी भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में कहा कि जनता के आक्रोश ने भाजपा और जदयू की हार की पटकथा लिख दी है शिवहर जिले के शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह और उनके एक समर्थक को कल शाम चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई हत्या कर भाग रहे एक अपराधी की भी स्थानीय लोगों की पिटाई से मौत हो गई पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्री सिंह जिले में पुरनहिया थाना क्षेत्र के हाथसर गांव में चुनाव प्रचार करने गए थे इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चला दी इस हमले में श्री सिंह और उनके एक समर्थक को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए बाद में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी तिरहत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उधर गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोच थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अजय यादव के प्रचार वाहन पर फायरिंग की गई हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने चुनाव आयोग की दो सदस्यीय टीम बीती रात पटना पहुंची इस टीम में उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा शामिल हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि दोनों सदस्य आज उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे चुनाव की घोषण के बाद दूसरी बार टीम बिहार आयी है विधानसभा की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों के लिये कुल प्रत्याशियों की संख्या तीन हजार सात सौ अड़तीस रह गयी है निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण की इकहत्तर सीटों के लिये एक हजार छियासठ और दूसरे चरण की चौरानवे सीटों के लिये एक हजार चार सौ चौंसठ उम्मीदवार मैदान में हैं जबकि तीसरे चरण की अठहत्तर सीटों के लिये बारह सौ आठ प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं दो हजार पंद्रह के चुनाव की तुलना में इस बार दो सौ अठासी अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं

वहीं कांग्रेस ने अजय क्मार सिंह को मैदान में उतारा है राजद के बागी दुर्गेश प्रसीद सिंह के लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव में उतरने से जमालपुर में रोचक मुकाबले के आसार हैं तारापुर से जदय ने मौजूदा विधायक मेवालाल चोधरी को फिर से मौका दिया है जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले में अभी जमानत पर हैं तारापुर का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके शकनी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं इधर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर युवा उम्मीदवार में भरोसा जताया है अट्टाइस वर्ष की दिव्या प्रकाश तारापुर से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं वे पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं मौजूदा विधायक विजय कुमार विजय मुंगेर सीट से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नहीं पा सके हैं इस बार अविनाश कमार विद्यार्थी राजद के प्रत्याशो हैं जबकि भाजपा ने पिछले विधान सभा चुनाव के उप विजेता प्रणव कमार में भरोसा जताया है लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुजन समाज पार्टी और ँजन अधिकार पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को जिले की विभिन्न सीटों चुनावी अखाडे में उतारा है आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आठ नेताओं को छह साल के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया है इनको मिलाकर अब तक पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में दो दर्जन से अधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है प्रदेश मुख्यलाय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने बताया कि जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है उनमें पूर्व विधायक विजय कुमार गुप्ता अजय कुमार सिंह प्रदीप दास राघव शरण पाण्डेय विभाष चंद्र चौधरी किशोर कुमार मुन्ना आदि शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की सत्तरवीं कड़ी होगी

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले तीन महीने कोविड की स्थिति के लिए निर्णायक होंगे उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा साउंड बाईट अगर अगले तीन महीने हमने प्रीकॉशन्स सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने जो बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना हैंड हाईजिन के बारे में रेस्प्रेट्री एडिकेट्स के बारे में दो गज की दूरी के बारे में भीड़ भाड़ के इलाकों को अवाइड करने के बारे में और जहां तक हो सकें फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को सभी स्वयंसेवी सस्थाओं को अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख निन्यानवे हजार तीन सौ इक्कीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव तीन छह प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चौवन लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख ग्यारह हजार चार सौ तैंतालीस हो गया है कल सबसे अधिक पटना में दो सौ उनचालीस नये मामलों की पूष्टि हुई जबकि गोपालगंज में एक सौ उनचास मुजफ्फरपुर में अड़तालीस भागलपुर और गया में बयालीस बयालीस मामले प्रकाश में आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले आये हैं प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या दस हजार आठ सौ उनासी है केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि इकतीस दिसम्बर तक थोक विक्रेता पच्चीस मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते है और खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा दो मीट्रिक टन होगी

जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़ा

आयकर विवरण दाखिल करने में व्यक्तिगत करदाताओं को और राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर इकतीस दिसम्बर कर दी है पहले यह तीस नवम्बर थी जिन करदाताओं के खातों की लेखापरीक्षा जरूरी होती है वे इकतीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे प्रदेश में दुर्गा पूजा उल्लास और श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है नवरात्रि अनुष्ठान में आज नौवें दिन देवी दूर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ मां दूर्गा की आराधना कर रहे हैं प्रजा को लेकर मंदिरों और पंडालों में महाअनुष्ठान किया जा रहा है राजधानी समेत पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जा रही है उन्होंने माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर एक के लिए सफलता की कामना की उधर इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने शिवहर में एक प्रत्याशी की हत्या से जुड़ी खबर को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है शिवहर में प्रत्याशी समेत दो की हत्या इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है दियारा में जलायी घास शहर में उड़ती रही राख दैनिक जागरण ने चुनावी आरोप प्रत्यारोप के दौर में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर किये गये तंज को सुर्खी बनाते हुये लिखा है माता पिता से पूछिये कैसा था शासन दैनिक भास्कर ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कष्ट के दौर में भी किस्तें चुकाने वाले कर्जधारकों को पांच नवबंर तक कैशबैक इसी अखबार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है अगले साल जून तक आ जायेगी स्वदेशी वैक्सीन

और अब अंत में मुख्य समाचार पहले चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो रहा है

इस मामले में एक व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी

और प्रदेश में दुर्गा पूजा उल्लास और श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है